रिकवरी दर भी बढ़कर चौहत्तर प्रतिशत से ज्यादा हई

पीएम स्वच्छताकेन्द्र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राजघाट के पास राष्ट्रीय स्वच्छता केन्द्र का उदघाटन करेंगे यह स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अनुभव साझा करने का माध्यम होगा

हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि इस केन्द्र से देश के स्वच्छता अभियान से संबंधित विशेष दु श्य श्रव्य कार्यक्रम का लाभ लिया जा सकेगा इसमें विश्व के इतिहास में सबसे बड़े व्यवहार परिवर्तने अभियान से संबंधित भारत की स्वच्छता यात्रा के बारे में बताया जाएगा तोमर केन्द्रीय पंचायतीराज मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि पंचायतों के सरपंच और अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों को गांवों के समग्र विकास की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए उन्होंने कहा कि पंचायतों के प्रतिनिधियों को शिक्षा स्वास्थ्य और पोषण जैसे विषयों पर कार्य करने की पहल करनी चाहिए ताकि देश का प्रत्येक गांव समग्र विकास की दिशा में आगे बढ़ सके नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार वितरण समारोह के वीडियो कांफ्रेंस के जरिए आयोजित समारोह में श्री तोमर ने पुरस्कार जीतने वाले पंचायत प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए कहा कि अन्य पंचायतों को भी पुरस्कार विजेता पंचायतों से प्रेरणा लेनी चाहिए ताकि वे अगले साल पुरस्कार जीत सकें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना महामारी के दौर में आत्मनिर्भर भारत अभियान का शुभारंभ करके देश को नयी दिशा दी है कोरोना प्रदेश प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या सैतीस हजार से ज्यादा हो गई है

वहीं रिकवरी दर बढ़कर चौहत्तर प्रतिशत से अधिक हो गई है

खंडवा में दो लोगों में संकमण की पुष्टि हुई है

टीकमगढ़ में कल चार लोगों में संकमण की पुष्टि हुई

कोविड उत्सव प्रदेश में कोविड संक्रमण को देखते हुए आगामी गणेश उत्सव मोहर्रम जन्माष्टमी आदि त्यौहार सार्वजनिक रूप से नहीं मनाए जा सकेंगे इसके अलावा गणेश प्रतिमाएं सार्वजनिक रूप से स्थापित नहीं का जा सकेंगी तथा जन्माष्टमी एवं मोहर्रम पर जुलूस व ताजिए भी नहीं निकाले जा सकेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों से कहा है कि वे घर पर ही इन त्यौहारों को मनाएं

इस बार स्वतंत्रता दिवस भी सीमित रूप से मनाया जाएगा कहीं भी भीड़ इकट्टा होने की इजाजत नहीं होगी कोरोना बचाव प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के मकसद से गृह विभाग ने प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टरों को नए दिशा निर्देश जारी किये हैं इनमें कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट क्रायसेस मैनेजमेंट ग्रूप के परामर्श से केवल प्रत्येक रविवार को ही बाजार बंद रखे जाने की कार्यवाही की जा सकेगी

यह कार्यवाही भीड़ को नियंत्रित करने के लिये की जायेगी

दुर्घटनास्थल पर राहत कार्य पूरा हो गया है विमान में दो पायलट और चालक दल के पांच सदस्य सहित एक सौ इक्यानवे लोग सवार थे चालक दल के चार सदस्य सुरक्षित हैं नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने बताया कि विमान कारीपुर हवाई अड्डे पर उतरते समय रनवे से पैंतीस फुट नीचे गिर गया और दो टुकडों में टूट गया माना जा रहा है कि भारी वर्षा दुर्घटना का एक कारण हो सकती है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने दुर्घटना पर दुःख व्यक्त किया है प्रधानमंत्री ने इस मामले में केरल के मुख्यमंत्री से बात की

यह आंदोलन मुम्बई में ग्वालिया टैंक से आरम्भ हुआ था प्रतिवर्ष आज का दिन अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है

इस दौरान रेडियो स्कूल प्रसारण में हर दिन स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर आधारित एक प्रेरक कहानी सुनाई जायेगी

श्री परमार ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा है कि इस वर्ष हम स्वतंत्रता समारोह एक दिन नहीं बल्कि पूरे सप्ताह मनायेंगे नदी शुद्धिकरण इंदौर जिला प्रषासन और नगर निगम जल संरक्षण और संवर्धन की दिषा में एक बड़ी पहल करते हुए षहर से बहने वाली सरस्वती और कान्ह नदी शुद्धिकरण के लिये एक विषेष अभियान चला रहा है इन नदियों का मूल स्वरूप लौटाने के लिए विभिन्न विभागों के समन्वय से कार्य योजना बनाई गई है किसी समय में इंदौर की जीवन धारा कहलाने वाली दो नदियां सरस्वती और कान्ह प्रद्रषण और जल प्रवाह के थमने से अपना अस्तित्व खो रही हैं इन नदियों के मूल स्वरूप को लौटाने के लिए नगर निगम पिछले कई दिनों से गहरीकरण का अभियान चला रहा है नगर निगम आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल ने आकाशवाणी को बताया कि इन नदियों के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को हटा कर जल प्रवाह को निरंतर करने का प्रयास जारी है

सुश्री पाल ने बताया कि नदियों के तटों का कटाव रोकने और पर्यावरण संरक्षण के लिए वन विभाग के सहयोग से दोनों तटों पर विषाल स्तर पर पौधरोपण का कार्य जारी है नदी की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए जिला प्रषासन ने किनारे बसी झुग्गी बस्तियों के रहवासियों को अन्यत्र फ्लैट दिए जाने की कार्ययोजना बनाई है

संगीत सम्राट तानसेन की जन्मस्थली बेहट में प्राचीन शिवमंदिर परिसर को पर्यटनस्थल के रूप में विकसित किया जायेगा गुना कलेक्टर ने एक बैठक के दौरान कहा है कि आदिवासियों से मारपीट एवं दुर्व्यवहार की घटनाओं को अधिक गंभीरता से लिया जायेगा मुरैना और कल हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों को कलेक्टर ने सम्मानित किया